प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सत्र को सुचारु रुप से चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा विपक्षी नेताओं ने सहयोग का आश्वासन दिया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई आज सेवानिवृत्त हो गये न्यायामूर्ति शरद अरविन्द बोबडे कल अगले मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे राज्य में बेमौसम की वर्षा और ओले गिरने का सिलसिला थमा लेकिन ठण्ड का असर बरकरार संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई इसमें प्रमुख दलों के नेता शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी दलों से पिछले सत्र की ही तरह संसद के शीतकालीन सत्र को भी उपयोगी बनाने की अपील की है आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार नियमानुसार सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार है विपक्षी और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उनके दल ने बैठक में यह मुद्दा उठाया कि एक तरफ तो सरकार हर बार सर्वदलीय बैठक में आश्वासन देती है कि सभी मुद्दों पर चर्चा की अनुमति दी जायेगी लेकिन वो वास्तव में सदन में इस वायदे पर कायम नहीं रह पाती है उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने सरकार से नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूख अब्दुल्ला को संसद सत्र में शामिल होने की अनुमति देने की मांग की तृणमूल कांग्रेस नेता सुदीप बंधोपाध्याय ने देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा की मांग की कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी सभी ज्वलंत मुद्दों को संसद में उठायेगी और दोनों सदनों की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सरकार के साथ सहयोग करेगी विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्षी दलों को सदन की कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा के बाद कोई भी मुद्दा उठाने की अनुमति होगी

शुक्रवार उनके कामकाज का अंतिम दिन था सहयोगी जज और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने उनके प्रति आभार व्यक्त किया

उच्च शिक्षा मंत्री भंवरसिंह भाटी ने आज बीकानेर में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि इन पांच ग्राम पंचायतों पलाना लालमदेसर गाढ़वाला बरसिंहसर और स्वरूप देसर शामिल हैं इन सभी ग्राम पंचायतों में सीसी सड़क पेयजल पाइपलाइन सरकारी स्कूलों का निर्माण पार्क और ओपन जिम बस स्टेण्ड ग्रामीण हाट बाजार जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी

डॉ गर्ग आज जयपुर में राज्य स्तरीय तकनीकी शिक्षा अधिकारियों के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे यह कार्यक्रम तकनीकी शिक्षा विभाग तथा एआईसीटीई नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा में राज्य सरकार सिलेबस में बदलाव कर रही है जिससे जिससे युवा लेटेस्ट तकनीक से अपडेट हो सके उन्होंने कहा कि सभी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सीसीटीवी से निगरानी की जाए जिससे संस्थानों में हो रही शिक्षा की लगातार मॉनीटरिंग की जा सकेगी डॉ गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार को भवन निर्माण के साथ लैब निर्माण को भी प्राथमिकता देनी चाहिए जिससे संस्थान में सभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तथा उपकरणों का उपयोग हो तथा युवा प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त कर सके उन्होंने कहा कि एआसीटीई नई दिल्ली को राज्य सरकार से हर संभव मदद दी जाएगी जिससे तकनीकी शिक्षा को राज्य में बढ़ावा मिले

आरोपी ने ये राशि थाने में दर्ज एक मामले में एफआर लगाने को लेकर मांगी थी इससे पहले वो परिवादी से सात हजार रुपये ले चुका था

हादसे में मारे गये लोग सड़क के किनारे बस का इंतजार कर रहे थे मृत लोगों में एक महिला और दो बच्चों सहित एक प्रुष शामिल हैं ये दुर्घटना एक कार के अनियंत्रित हो जाने के कारण हुई

इसके बाद जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी देने के साथ सुरक्षित परिवहन के बारे बताया गया धौलपुर में भी इस तरह का आयोजन हुआ

लेकिन सर्दी का असर बरकरार है

पुलिस मामले की जांच कर रही है सिरोही जिले के मोहब्बतनगर गांव में आज चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने चन्द्रशेखर आज़ाद मार्ग का लोकार्पण और सिलदर में नवक्रमोन्नत राजकीय सामुदायिक केन्द्र का उद्घाटन किया च्रु और लुधियाना के बीच चलने वाली रेलगाड़ी को रतनगढ़ तक बढ़ाया गया है आज सुबह इस गाड़ी को ं रतनगढ़ रेलवे स्टेशन से चूरु के सांसद और विधायक अभिनेष महर्षि ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया बूंदी में आज राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में बच्चों स्वर्ण प्राशन ड्रॉप पिलाई गई ये एक आयुर्वेदिक वैक्सीन है